राज्य में भी खुलेंगे सरकारी दफ्तर

उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए

उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुडा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होने चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व आज एक नये व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है और युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है

केन्द्र सरकार आज से अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दे रही है हॉट स्पॉट घोषित किए गए इलाकों में यह छूट लागू नहीं होगी राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं

मछली पालन और मछली उत्पादों की आवाजाही तथा इसमें लगे लोगों की गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है दिशा निर्देशों में चाय कॉफी और रबर बगानों में अधिकतम पचास प्रतिशत कामगारों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण कोयला उत्पादन खान और खनिज उत्पादन पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाले कारखानों को भी काम करने की अनुमति होगी समुद्री बंदरगाहों और सामान परिवहन के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो सीमा शुल्क की मंजूरी से जुड़े अधिकृत एजेंट भी अपना काम कर सकेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जूड़ी सेवाओं में कृल कर्मचारियों की पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों के तहत आज से राज्य सरकार के सभी कार्यालय खोले जायेंगे इनमें अधिकतम तैंतीस प्रतिषत कर्मचारियों के साथ काम काज शुरू होगा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वार ादी गयी अनुमति के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां षुरू की जायेंगी इनमें मनरेगा और निर्माण से संबंधित कार्य षामिल हैं अफसर से मनरेगा कर्मचारी तक को मास्क पहनना और सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा साहिबगंज जिले में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन में आज से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कुछ और सेवाएं बहाल हो रही है उपायुक्त वरूण रंजन ने बताया कि अगर कोरोना संक्रमण का मामला आया तो तत्काल सभी छट वापस ले ली जाएगी तथा लॉक डाउन के कड़े नियम लगाए जाएंगे लॉक डाउन में मिली छूट से कुछ कार्य पुनः शुरू होंगे परन्तु सड़कों पर बेवजह घूमने पर पूर्व की तरह ही पाबंदी रहेगी इस दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का सख्ती से पालन होगा जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है अतः साहिबगंज जिले को भी लॉक डाउन में सशर्त थोड़ी रियायत दी जा रही है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

क्छ आवश्यक सेवाओं में छूट दिए जाने के साथ अनावश्यक रूप से लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी बनी रहेगी

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्ष पर ही किया जाना है

झारखंड में कल कोरोना संक्रमण के सात नए मामले सामने आए हैं इनमें पांच रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से हैं जबकि छठा रांची के बेड़ो और सातवां संक्रमित सिमडेगा का है

कुल मरीजों में अब तक तीन की मौत हो चुकी है जबकि अन्य उनचालीस मरीजों का राज्य के विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कई लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है

लॉकडाउन के बीच जमषेदपुर में माह ए रमजान के दौरान मस्जिदों में इस बार सामुहिक नमाज नहीं होगी लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की गई है

इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा तीन मई तक मजदूरों की अंतर्राराज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी खूंटी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन आम जनों की जरूरतों को पूर्ण करने का लगातार प्रयास कर रहा है सैनिटाइजर की कमी और इसकी मांग को देखते हुए जेएसएलपीएस की महिलाएं लगातार मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन में जुटी है खूंटी के सभी प्रखंडों और थानों में भी दीदियों द्वारा निर्मित सैनिटाइजर की मांग बढ़ी है झारखण्ड ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी ग्रामीण सेवा केंद्र की महिलाओं द्वारा अब तक तीस हजार से ज्यादा सैनिटाइजर की बोतलों का उत्पादन किया गया है गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बजटो पंचायत में मिट्टी में दबने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं ये महिलाएं मिट्टी निकालने के लिए खेत में बने सात फीट गड्ढे में उतरी थी उसी वक्त अचानक मिट्टी गिरने से दब गई जिससे यह हादसा हुआ मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि घायल महिलाओं का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है